प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अट्ठारहवीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी वह कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहमंजिला प्लैट का उदघाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि सोलहवीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है

राज्यसभा ने भी शत प्रतिशत काम किया ये परफोरमन्स पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान श्रू किये गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दशकों पूरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढ कर किया जाता है श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नये दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया कोरोना काल में अनेक प्रकार की साक्षानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला पक्ष और विपक्ष के सभी साधियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना हर किसी ने सहयोग किया सभी दलों ने सहयोग किया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित तीन सौ से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा जिससे इस दिशा में नये मानक स्थापित हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की गति भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनायेगी एक सम्मेलन में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोर्दी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी वित्तमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार गति जारी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है और सरकार विनिवेश के साथ इसे जारी रखेंगी कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्तमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इरादा बह्राष्ट्रीय और बड़ी या छोटी कंपनियों को तत्काल लाभ पहुंचाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के सौ साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे समरोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे उन्नीस सौ बीस में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी

मृख्यमंत्री कल लखनऊ में अवस्थापना और औद्योगिक विकास तथा कामगार और श्रमिक रोजगार से संबंधित एक कार्यक्रम की एक बैठक की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं उसी प्रकार कामगारों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई व्यापक स्तर पर की जा रही है

उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये श्री योगी कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिये सभी तैयारिया सुव्यवस्थित और समयबद्व ढंग से पूरी की जानी चाहिये मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध मदिरा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला कर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये प्रदेश सरकार ने लोगों के कार्यक्रमों में भाग लेने के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए अब सामाजिक शैक्षिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की अधिकतम संख्या को सौ तक निर्धारित कर दिया है

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी बंद स्थान जैसे हाल या कमरे की निर्धारित क्षमता का पचास प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम सौ व्यक्तियों तक ही फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा इसके साथ साथ खुले स्थान या मैदान पर कार्यक्रम में ऐसे स्थानों की क्षेत्रफल की चालीस प्रतिशत क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमति होगी प्रदेश में प्रशासन द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार कल से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज फिर से खुलने शुरू हो गये किसी भी कक्षा में केवल पचास प्रतिशत विद्यार्थी रोस्टर के आधार पर हिस्सा ले सकेंगे पूरे शैक्षिक परिसर में एक चरण में अधिकतम एक सौ विद्यार्थी होंगे

कॉलेजों के खुलने के पहले दिन आज छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम दर्ज की गई